उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कार्य किये गए हैं जिनकी जानकारी साझा करने के साथ सम्मेलन में विद्यार्थी हित के लिये कई योजनाओं और कार्यो का श्रभारंभ किया जाएगा उन्होंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में नवाचारों को बढ़ावा देना विद्यार्थियों में रोजगारपयोगी कौशल का विकास नौकरियों औरं इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करते हुए स्टार्ट अप कल्चर का विकास करना हैं सम्मेलन में तेलंगाना राज्य के उप मुख्यमंत्री सहित नागालैंड मणिपुर और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रतिनिधि भाग लेंगे सम्मेलन में कल देश की नामचीन कंपनियों के एचआर भी शिरकत करेंगे

आज अंतिम दिन यात्रा सीकर जिले में जायेगी जहां फतेहपुर में मुख्यमंत्री आमसभा को संबोधित करेंगी इसके बाद लक्ष्मणगढ़ में और बाद में सीकर के रामलीला मैदान में आमसभाएं होगी समेकित शिक्षा अभियान से चूरू जिले के स्कूलों में बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी हो रही है

जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कल दो समुदायों के लोगों के बीच झगड़ा होने के बाद एक पक्ष द्वारा उपद्रव मचाने पर तनाव व्याप्त हो गया इसके बाद समुदाय विशेष के युवकों ने आजाद नगर बस्ती में दूसरे समुदायों के लोगों के यहां नुकसान पहुंचाया अधिकारियों के साथ पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को शांत किया मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया

इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया है

समारोह के दौरान स्टेडियम परिसर में ही सवाईमानसिंह की पोलो खेलते हुए मूर्ति का अनावरण किया जायेगा

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज भी बरसात का दौर जारी हैं

राजधानी जयपुर सहित सीकर और करौली जिले में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर बना हुआ हैं